कहा भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाई जानी चाहिए

मुख्यमंत्री ने कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये

केंद्रीय रेल मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी ह जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

नई दिल्ली में संचार और सुचना प्रौदयोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अन्पालन अधिकारी नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी निय्क्त करना होगा

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मो के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की

सूचना प्रौदयोगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय में त्रिस्तरीय रूपरेखा तैयार की है कॉलेज प्रदेश भर में एक मार्च से समस्त कालेज सभी समेस्टर के लिए ख्ल जाएंगे सरकार ने कालेजों में छात्रों की भौतिक उपस्थिति को मंजूरी दे दी है प्रम्ख सचिव आनंदवर्द्धन ने इस संबंध में राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा निदेशालय को आदेश जारी किये हैं शासन ने कहा है कि यह फैसला छात्रहित में लिया गया है

लोकार्पण शिलान्यास म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

नबीताल को सम्मान कृषि मंत्रालय दवारा नैनीताल जिले को किसान सम्मान निधि योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने जिले को सम्मानित किया

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसकी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने उन क्षेत्रों को चिन्हित करने को कहा है जहां गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी की आशंका रह सकती है उन्होंने ऐसे क्षेत्रों के लिये पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाने को भी कहा है उन्होंने सभी स्कूलों एऔर आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की उपलब्धता का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश भी दिये

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल कल ट्रेन को वर्च्अली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पूर्वोतर रेलवे इज्जत नगर के जनसंपर्क अधिकारी के अन्सार टनकप्र नई दिल्ली पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है उन्होंने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री कल एक बजे ट्रेन को रवाना करेंगे उन्होंने बताया कि ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टिकट काउंटर भी श्रू कर दिए गए हैं इस रेल सेवा के प्रारंभ होने से चंपावत पिथौरागढ़ बागेश्वर सहित पर्वतीय क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा लंबी द्ररी की यात्रा भी आसान होगी इस सेवा के श्रू होने से लोगों में ख्शी है

क्म्भ मेले की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि विभागीय स्तर पर होने वाली व्यवस्थाओं की एसओपी जारी करने के साथ ही डाक्यूमेन्टेशन पर ध्यान दिया जाय उन्होंने कृम्भ मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था स्निश्चित करने के निर्देश दिए हैं

महाकंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने रमता पंचों के नगर प्रवेश शोभा यात्रा की अग्वाई कर रहे संतों का स्वागत किया उन्होंने उम्मीद जताई कि साध् सन्तों के आशीर्वाद से महाकृंभ बहत ही सुन्दर सुरक्षित भव्य और दिव्य होगा इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहन्त नरेन्द्र गिरि ने कहा कि पंचायती अखाड़ा श्रीनिरंजनी के नगर प्रवेश के साथ ही अखाड़े का आज से महाकृम्भ मेले का श्भारम्भ हो गया है उन्होंने कहा कि तीन मार्च को विधिवत पेशवाई शोभा यात्रा के माध्यम से पंचायती अखाड़ा श्रीनिरंजनी मेला छावनी में प्रवेश करेंगे

आवास बनने के बाद नगर निगम चिन्हित लोगों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित करेगा इसके लिए उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण और केंद्र सरकार की एजेंसी के बीच अन्बंध हो चुका है सरकार की तरफ से भवन निर्माण के लिए आवेदक को ढाई लाख रुपए की सब्सिडी मु्हैया कराई जाएगी साथ ही भवन निर्माण के लिए बैंक भी आवेदक को कर्ज देगा दर्घटना टिहरी टिहरी जिले के लंबगाव कोटालगांव चमियाला मोटरमार्ग पर धैरका गांव के पास कल रात को एक वाहन गहरी खाई में गिर गया इस हादसे में दो लोगों की मृत्यू हो गई जबकि दो अन्य घायल हैं